नमस्कार प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शोभित

आज नई दिल्ली में भाजपा कार्यकारिणी समिति की दो दिवसीय बैठक के अन्तिम दिन भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक ही पार्टी ने अड़तालिस साल देश में शासन किया और अब वह हमारे अड़तालिस महीनों के काम से अपनी तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग राह पर चलने वाले विपक्षी दल सत्ता हासिल करने के लिए महा गठबन्धन की बात कर रहे हैं परन्तु उनकी नीति स्पष्ट नहीं है और उनकी नीयत भी ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में रहकर कुछ नहीं कर सके वह आज विपक्ष में होते हुए भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में प्रारम्भ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी को श्रद्वांजलि दी उन्होंने पाटी कार्यकर्ताओं से अजेय भारत और अटल भाजपा के नारे लगवाये

पार्टी का कहना है कि विपक्ष के पास न तो कोई नेता है न कोई कार्यक्रम और न ही कोई रणनीति है उसका एक मात्र एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में आने से रोकना है आज नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित मोदी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाले विजन डाक्यूमेंट्स दो हजार बाइस नाम के राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने विपक्ष पर हताशा और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्रो प्रकाश जावेडकर ने कहा कि जनता उन लागों का साथ नहीं देती जो राजनीति में नकारात्मकता लेकर आते हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के पास एक दृष्टि है जुनून है और देश के विकास की परिकल्पना है

उसमें मूल मुद्दा ये है कि एक नये भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जो ने किया और चार साल के बाद हम यह कह सकते है कि नये भारत का संकल्प साकार करने की दिशा में भारत ने बहुत तरक्की की है समाज ने भी साथ दिया है और इसलिए पूरा विश्वास इस प्रस्ताव में जताया है कि नया भारत साकार होकर ही रहेगा उन्होंने कहा कि कार्यकारिणो में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में दो हजार बाइस तक ऐसे न्यू इंडिया के निर्माण की बात भी कही गयी है जो गरीबी सांप्रदायिकता जातिवाद भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त होगा श्री जावेडकर ने यह भी कहा कि पिछले चार वर्षो में देश में आतंरिक सुरक्षा की स्थिति मे पिछली सरकार के शासनकाल के मुकाबले काफी सुधार हुआ है

श्री जावेडकर ने कहा कि पिछले चार वर्षो में सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई कार्य पूरे किये हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देशभर में अपना आधार बढ़ाया है और आज पार्टी उन्नीस राज्यों में सत्ता में है

उन्होंने आकाशवाणी सामाचार को दिये एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि हाल ही में हुए एशियाई खेलों में नौजवानों से लेकर अधिक उम्र के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन दिखाया है बाइट जब भी भारत का तिरंगा लहराता है तो हम सबको गौरवान्वित कर देता है और वो जो सेंस ऑफ पाइड है वो इन खेलों में हमेशा नजर आती है उसी तरह से जब हमारे खिलाड़ी चाहे राष्टमंडल खेल हो या एशियन गेम्स हो इसमें उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करा चाहे वो सोलह साल के हो या फिर साठ साल के एक नया एटीट्यूड देखा खेल वे मैदान में आप देखिये कि इतनी कम उम्र के पहली बार किसी अन्तर्राष्ट्रीय मुकाबले में जाये और वहां जाकर स्वर्ण पदक जीतकर आधे यह पहली बार हुआ है और जो भविष्य है भारत के लिए वह बहुत सुन्दर रहेगा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

हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकार स्वास्थ्य अधिकारियों और कीट वैज्ञानिको सहित विशेषज्ञों के तीन दल इन जिलों में भेज रही है प्रदेश के सिचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सभी चिकित्सा अधिकारियों को अपने अपने जिलों में कैंप लगाकर दवाइयां बांटने के निर्देश दिये गये है

इस समय भी चल रहा तेज बुखार आना जी मितलाना और कुछ भयंकर रूप है इस तरीके के सारे जनपद के सीएम ओ को निर्देशित कर दिया गया है कि वो शिवेर लगाकर प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्रो पर सारी सुविधायें उपलब्ध कराने दवाइयों की कमी नहीं है इस तरह की स्थिति से निपटन के लिये योगी सरकार का पूरा प्रबन्ध है प्रदेश के अठठाइस जिले बाढ़ से प्रभावित है जहां एक हजार से अधिक गांवों में पाँच लाख के करीब लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं वुदेलखंड इलाके में कई बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद तमाम गाँव पानी से धिरे हुए हैं यहां ललितपुर जिले में तालबेहाट तहसील के कादेसराकला गांव से एक व्यक्ति को बचाने के लिए एयरपोर्ट के हेलीकाप्टर की मदद लेनी पड़ी जो माताटीला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बेतवा नदी में एक टाप्र पर चार दिनों से फंसा हुआ था सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न भागों में मूसलाधार वर्षा का अनूमान व्यक्त किया है

इस अंक में अटल जी की कवितायें और उनके लेखों को उर्दू में अनुवाद करके प्रकाशित किया गया है विमोचन के बाद राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की कविताओं का उर्दू अनुवाद एक अच्छी पहल है उन्होंने कहा कि अटल जी की कविताओं को उर्दू भाषा में प्रकाशित कर नया दौर ने सराहनीय कदम उठाया है

इसकी लगभग साढ़े तीन हजार प्रतियां प्रतिमाह प्रकाशित की जाती हैं

चार दिन पहले उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी उन्हें गम्भीर हालत में कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में भर्ती किया गया था पर अन्ततः उन्हें बचाया नहीं जा सका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरेन्द्र कुमार दास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है तीस वर्षीय सुरेन्द्र कुमार दास भारतीय पूलिस सेवा के दो हजार चौदह बैच के अधिकारी थे वे कानपुर सिटी ईस्ट में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम कर रह थे